केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी किसान ऊर्जा और उत्थान महाअभियान कुसुम योजना के तहत अक्टूबर महीने से प्रदेश के किसानों को रियायती दर पर सोलर वाटर पम्प मिलने लगेगा केन्द्र सरकार ने इसकी जिम्मेदारी इनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड को दी है इस योजना का उद्देश्य सिंचाई के लिए बिजली और डीजल पर निर्भरता को कम करना है योजना के तहत दो हजार बाईस तक सभी सिंचाई पम्पों को डीजल या बिजली के स्थान पर सौर ऊर्जा से चलाये जाने का लक्ष्य रखा गया है उपकरण की कीमत का मात्र दस प्रतिशत ही तत्काल किसानों को देना होगा तीस तीस प्रतिशत राशि केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा अनुदान दी जायेगी जबकि तीस प्रतिशत राशि बैंक कर्ज के रूप में देंगे भारत से पड़ोसी देश नेपाल जाने वाले वाहनों की संख्या में भारी गिरावट आयी है नेपाल सरकार के नये नियमों के अनुसार किसी भी एक नम्बर की भारतीय गाड़ी को एक साल में सिर्फ तीस बार ही नेपाल में प्रवेश की अनुमति दी गयी है अठारह अगस्त से इस नियम के प्रभावी हो जाने के बाद केवल मधुबनी से नेपाल जाने वाले वाहनों की संख्या में साठ प्रतिशत तक की गिरावट आयी है जयनगर स्थित एसएसबी अड़तालीसवीं बटालियन के डिप्टी कामांडेंट अनुज कुमार ने बताया कि इस संबंध में वरीय अधिकारियों को जानकारी दे दी गयी है और जल्द ही दोनों देश के आलाधिकारी इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश के सभी शिक्षण संस्थानों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगा दी है आयोग ने इस संबंध में विश्वविद्यालयों को जारी निर्देश में कहा है कि सभी शिक्षण संस्थान अपने परिसर में प्लास्टिक के ग्लास कप लंच पैकेट बोतलों और प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगायें पत्र में दोबारा उपयोग होने वाली बोतलों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने को कहा गया है आयोग के निर्देश के बाद पटना विश्वविद्यालय ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यक्रम में अब बोतल बंद पानी का उपयोग नहीं किया जायेगा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से सम्बद्ध विद्यालयों में जल संरक्षण अभियान चलाया जायेगा बोर्ड की अध्यक्ष अनिता करवाल ने बताया कि कक्षा पांच से लेकर बारहवीं तक के छात्रों को घर और स्कूल में कम से कम एक लीटर पानी की प्रतिदिन बचत करने के लिए प्रेरित किया जायेगा साथ ही नौवीं से बारहवीं के बच्चों को पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर प्रेरित करने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की जायेंगी उन्होंने बताया कि स्कूलों में एक बच्चा एक पौधा अभियान भी चलाया जायेगा बिहार सरकार ने केन्द्र से उत्तर कोयल जलाशय परियोजना से दो हजार सात सौ पचास क्यूसेक पानी की मांग की है इस परियोजना से प्रदेश के औरंगाबाद और गया जिले में सिंचाई होनी है इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव दीपक कुमार और जल संसाधन विभाग के मुख्य सचिव अरूण कुमार सिंह ने बिहार का पक्ष रखा गौरतलब है कि उत्तर कोयल परियोजना का लगभग पंचानवे प्रतिशत काम पूरा हो चुका है परियोजना के पूरा होने पर बिहार और झारंखड के कई जिलों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा बिहार विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन कोटे से अगले साल खाली हो रही आठ सीटों के लिए एक अक्टूबर से मतदाता सूची में नाम जोड़ा जायेगा एक नवम्बर दो हजार उन्नीस को अर्हता पूरी करने वाले लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकेंगे इसके लिए अंतिम तिथि छह नवम्बर निर्धारित की गयी है तीस नवम्बर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा प्रदेश में छात्र और शिक्षक अनुपात की स्थिति देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे खराब है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार बिहार में कक्षा पांच तक अड़तीस छात्रों पर एक शिक्षक जबकि उच्च प्राथमिक कक्षा में उनतालीस छात्रों पर एक शिक्षक हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम दो हजार नौ के प्रावधानों के अनुसार कक्षा एक से पांच तक के लिए तीस छात्रों पर एक शिक्षक होने चाहिए वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छठी से आठवीं कक्षा तक में न्यूनतम पैंतीस छात्रों पर एक शिक्षक की अनिवार्यता तय की गयी है किशनगंज जिले के खोरीबाड़ी बस स्टैंड के पास से एसएसबी के जवानों ने पौने चार करोड़ रूपये मूल्य के मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है इकतालीसवीं बटालियन के सेकेंड इन कमांडेंट जीसी पांडेय ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों के पास से सात सौ पचास ग्राम मादक पदार्थ और तीन मोबाईल फोन बरामद किये गये हैं दोनों तस्कर किशनगंज जिले के धनगंज के रहने वाले हैं पटना के बिहटा से छपरा तक पिछले पांच दिनों से भीषण सड़क जाम की स्थिति बनी हुई है जाम में हजारों वाहन फंसे हुये हैं जाम का मुख्य कारण सारण जिले के डोरीगंज के आगे लगभग ढ़ाई किलोमीटर तक टूटी सड़क है जिससे गाड़ियां काफी कम गति से चल रही हैं जाम के कारण लाखों रूपये का कारोबार भी प्रभावित हुआ है भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने धान की फसल को खतरनाक रसायनिक तत्व आर्सेनिक से बचाने के लिये एक बैक्टीरिया की खोज की है और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता बाईट विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पांच वर्षो के अथक परिश्रम के बाद एक ऐसे बैक्टीरिया की खोज में सफलता पायी है जो धान की फसल को आर्सेनिक के कुप्रमाव से बचाता है

आकाशवाणी समाचार के लिये भागलपुर से रामप्रकाश गुप्ता मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश के साथ वज्रपात चेतावनी जारी की है वज्रपात की आशंका को देखते हुये लोगों से विशेष सावधानी बरतने को कहा है बिहार अवर प्रलिस सेवा आयोग ने दारोगा नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन की शर्तो में बदलाव किया है अब एक अगस्त दो हजार उन्नीस या उससे पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष परीक्षा पास अभ्यर्थी पद के लिए आवेदन कर सकेंगे पहले एक जनवरी दो हजार उन्नीस तक स्नातक पास छात्रों को ही आवेदन करने का मौका दिया गया था अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू के विश्व चैंपियन बनने भाजपा के दिवंगत नेता अरूण जेटली की अंत्येष्टि और प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है सिंधू भारत की पहली विश्व बैडमिंटन चैंपियन बनी विश्व चैंपियनशिप में अब तक पांच पदक हासिल कर चुकी है सिंधू दैनिक जागरण लिखता है अरूण जेटली को राजकीय सम्मान के साथ देश ने दी अंतिम विदाई दिल्ली के निगमबोध घाट पर पंचतत्व में हुये विलीन प्रभात खबर ने मन की बात कार्यक्रम को प्रमुखता देते हुये लिखा है अब प्लास्टिक कचरे के खिलाफ आंदोलन दैनिक भास्कर लिखता है अनंत सिंह तीस अगस्त तक न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेजे गये राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है जम्मू और कश्मीर सचिवालय पर अब सिर्फ तिरंगा आज की सुर्खी है कश्मीर पर मोदी की ट्रंप से मुलाकात पर टिकीं निगाहें